यह निवास से रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट और यहाँ से निवास तक के लिये मान्य होगा

नये मामले आने की यह सबसे अधिक संख्या है

सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है

रायसेन जिले के लिए एक सूखद खबर आई है आज जिला कोरोना म्क्त हो गया है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सतत प्रयासों और कड़ी मेहनत से आज होशंगाबाद जिला कोरोना मुक्त हो गया है सीएमएचओ डॉ स्धीर जैसानी बताया कि जिले के अंतिम कोरोना संक्रमित मरीज की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आई है

राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई देते हुए कहा है प्रदेश की ख्शहाली तरक्की और सबके मंगल की कामना की है म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी लोगों को ईद की मुंबारकवाद दी है लॉकड़ाउन की वजह से इस साल ईद सादगी के साथ घरों में ही नमाज अदा कर मनाई जा रही है